ऊना जिले में चिन्तपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज अंब में आज एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्तपूर्णी मंदिर में वर्षभर लाखों श्रद्वालु व पर्यटक आते हैं और परियोजना के तहत यात्रियों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा जयराम ठाकुर ने बताया कि इस धार्मिक स्थल पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए एक हैलीपैड भी बनाया जाएगा इससे पहले मुख्यमंत्री ने माता चिन्तपूर्णी मंदिर में पूजा अर्चना भी की वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत डिजिटल इंडिया बनने की ओर से अग्रसर है सोलन स्थित मालरोड़ के लिए मुफ्त वाई फाई सेवा का शुभारंभ करने के बाद आज उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि डिजिटल इंडिया का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है उन्होंने बताया कि देश की अढ़ाई लाख पंचायतों को अगले वर्ष मार्च तक इंटरनेट सेवा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए बेटी है अनमोल और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन बेहद जरूरी है सोलन जिले में अर्की विधानसभा क्षेत्र की हाटकोट पंचायत में आयोजित जनमंच कार्यक्रम के बाद कल उन्होंने ये बात कही रामलाल मारकंडा ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है और प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है धनतेरस दीपावली का पहला दिन धनतेरस आज मनाया जा रहा है हिन्दू मान्यताओं के अनुसार आज का दिन भगवान धनवंतरी के जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की बधाई दी है श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह विशिष्ट् दिन समाज में शांति और समृद्धि लाएगा इधर प्रदेश में इस अवसर पर बाजारों में खूब रौनक देखी गई सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि धनतेरस के मौके पर लोगों ने अपनी खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए आभूषणों व बर्तनों की जमकर खरीददारी की बिंदल इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मानव जीवन को रोग मुक्त करने के लिए भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ था ये बात आज उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सालय नाहन में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही राजीव बिंदल ने कहा कि आयुर्वेद का ज्ञान आज भी अत्यंत सार्थक है और इस पर निरतंर शोध व शास्त्रों की रचना होनी चाहिए विधानसभा अध्यक्ष ने चिकित्सालय के नवनिर्मित कार्यालय स्टोर और पंचकर्म इकाई का निरीक्षण भी किया साधना ठाकुर राज्य रेडकॉस सोसाईटी अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डाक्टर साधना ठाकुर ने दिवाली के उपलक्ष्य पर आज आईजीएमसी शिमला के चिल्ड्रन वॉर्ड में बीमार बच्चों को फल व मिठाईयां भेंट की उन्होंने बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली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 नमस्कार